कहा राष्ट्र को अपने सुरक्षा बलों पर गर्व और पूरा विश्वा्स नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में पुलवामा आतंकी हमले पर निंदा प्रस्ताव पारित आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के दोनों जवानों का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गयामुख्यमंत्री सहित गणमान्य व्यक्तियों ने दी भावभीनी श्रद्दांजलि और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे योजनाओं के नतीजे धरातल पर उतारने के लिए पुरजोर कोशिश करें स्लग पीएम यवतमाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के अपराधियों को हमारे सुरक्षा बल कड़ी सजा देंगे महाराष्ट्र में यवतमाल के पंढर्कवाड़ा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे धैर्य बनाये रखें उन्होंने कहा कि वे आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर जनता के आक्रोश को समझते हैं

प्रसार भारती बोर्ड ने भी पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है अपने संदेश में बोर्ड ने शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है एक ट्वीट संदेश में प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है स्लग सर्वदलीय बैठक पुलवामा आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में इस जघन्य हमले की कड़ी निन्दा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया सभी दलों ने इस हमले की भर्तसना की बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों प्रकारों और आतंकवादियों को सीमापार से मिल रहे समर्थन की कड़ी निंदा की गई प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में दुढ़ता और लचीलेपन का परिचय दिया है बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की उन्होंने राजेनीतिक दलों को हमले और इस सिलसिले में सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी दी गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने शुरू से ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई हुई है बाद में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि बैठक में सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सरकार का समर्थन किया उन्होंने बताया कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और हिंसा से मुक्त कराने का सरकार का संकल्प् दोहराया है वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए सरकार और सुरक्षा बलों के साथ हैं उन्होंने कहा कि चाहे कश्मीर का मामला हो या देश के किसी और हिस्से का कांग्रेस आतंकवाद से निपटने में पूरी तरह सरकार के साथ है श्री आजाद ने कहा कि पुलवामा में सुरक्षाकर्मियों की शहादत पर आज पूरा देश दुखी है और देशवासियों में जबर्दस्त आक्रोश है स्लग निरीक्षण राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने नैनीताल जिले की लालकुंआ तहसील में ईवीएम और वीवीपैट के स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने तहसील में रखी गई बैलट यूनिट कंट्रोल यूनिट वीवीपैट और ईवीएम की सुरक्षा और बढ़ाने के निर्देश दिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन विभाग आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव से संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है रेलवे स्टेशन का निरीक्षण स्लग पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने कहा है कि टनकपुर से जल्द ही लम्बी दूरी की रेल सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा उन्होंने बताया कि इसी महीने से त्रिवेणी एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू हो रहा है जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा कल चंपावत जिले के टनकपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि टनकपुर से दिल्ली मुंबई और देहरादून जैसे शहरों के लिए लम्बी दूरी की रेल सेवा शुरू करने के लिए पत्र लिखा गया है उन्होंने टनकपुर रेलवे स्टेशन में ब्रॉडगेज वाशिंग पिट रनिंग रूम आदि का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई

शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा इस हमले में शहीद हुए एएसआई मोहनलाल रतूड़ी का पार्थिव शरीर आज सुबह देहराद्न स्थित उनके निवास स्थान लाया गया शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया शहीद मोहनलाल रतूड़ी की बेटी ने अपने पिता को सैल्यूट किया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह विधायक विनोद चमोली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह डीजीपी अनिल रतूड़ी डीजी अशोक कुमार ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया शहीद मोहनलाल रतूड़ी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हरिद्दार ले जाया गया जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी उधर खटीमा में भी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के उत्तराखंड के दूसरे जवान वीरेंद्र सिंह राणा का पार्थिव शरीर लाया गया पार्थिव शरीर उनके गांव पहंचते ही श्रद्वांजलि देने वालों का तांता लग गया नम आंखों से लोगों ने शहीद के अंतिम दर्शन किये केंद्रीय कपड़ा मंत्री अजय टम्टा परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और विधायक पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्वांजलि अर्पित की और शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा दिया शहीद वीरेंद्र सिंह के ढाई वर्ष के बेटे ने अपने पिता के शव को मुखाग्नि दी शहीदों को श्रद्वांजलि देने पहुंचे लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दिया

शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार ने सैन्य और अर्दधसैनिक बलों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय लिया है वहीं सीएम कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने आज के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित रखा स्लग बाजार बंद पुलवामा में आतंकी हमले के विरोध में आज प्रदेश में लोग सड़कों पर उतर आये और जगह जगह प्रदर्शन किये गए देहरादून हरिद्वार पौड़ी रुद्रप्रयाग नैनीताल उधमसिंह नगर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ टिहरी चम्पावत सहित सभी मुख्यालयों तहसील और कस्बों में लोगों का आक्रोश देखने को मिला राज्य में आज बाजार बंद रहे सिनेमाघर और पेट्रोल पम्प भी बंद रहे जो दोपहर दो बजे के बाद खुले शैक्षणिक संस्थानों में शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखा गया और इसके बाद रैलियां निकाली गईं स्लग सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि योजनाओं के परिणाम धरातल पर दिखाई दें इसके लिए वे पुरजोर कोशिश करें यह बात उन्होंने कल देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली स्मार्ट रोड मल्टी यूटिलिटी डक्ट ड्रेनेज जलापूर्ति और सीवरेज से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक में कही उन्होंने शहर को सुविधायुक्त बनाने के लिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन में विषय विशेषज्ञों और केंद्र सरकार की तकनीकी दक्षता वाली संस्थाओं का सहयोग लेने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा बिजली के तार पेयजल लाईन सीवर टेलीफोन आदि के लिए सड़कों की खुदाई करा दी जाती है इसलिए सभी मुख्य मार्गों पर स्थाई डक्ट बनाने से बिजली पानी टेलीफोन और विद्युत लाइनों के जाल के साथ ही सड़कों पर बेतरतीब खड़े बिजली के खंभों के हटने से काफी सुविधा होगी मुख्यमंत्री ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सड़कों के अंदर नए सिरे से सीवर लाइन बिछाने और शहर का बेहतर ड्रेनेज प्लान बनाने के निर्देश भी दिए स्लग पिरूल पावर प्लांट पौड़ी जिले में पिरूल पावर प्लांट की स्थापना के लिए पैठाणी लैंसडाउन धूमाकोट और बैजरों को चिहिन्त किया गया है प्लांट लगाने के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन भी लिये जा रहे हैं

बैठक में जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को पिरूल पावर प्लांट की स्थापना को लेकर तेजी से काम करने और योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये